वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए लघू बचत योजनाओं की ब्याज दरों को संशोधित किया है

ये दरें सुकन्या समृद्धि योजना लोक भविष्य निधि योजना और किसान विकास पत्र पर भी लागू होगी

प्रधानमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं को अपने अपने गांवों में लोगों का जीवन स्तर बेहतर करने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का उद्देश्य गरीबी से लडकर गरीबों को सशक्त बनाना है इस मौके पर केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मेंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद थे

उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलने से ही प्रदेश का विकास होगा वे आज दौसा के नांगल राजावतान में राजस्थान गौरव यात्रा के तहत आयोजित जनसभा को सम्बोधित कर रही थी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा आम जनता की आवाज को उठाया है उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता की ताकत से सत्ता का परिवर्तन होगा और प्रदेश विकास की ओर अग्रसर होगा वे आज डूंगरपुर जिले के सागवाडा में कांग्रेस संकल्प रैली को सम्बोधित कर रहे थे

अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके गोयल ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण और बार्सीलोना की संस्था की ओर से आयोजित इस सम्मेलन का उदघाटन उपराष्ट्रपति वैकेंया नायड् करेंगे उन्होंने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य स्मार्ट सिटीज क्षेत्र में कार्यरत लोगों के बीच नेटवर्किंग और तकनीक के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करना है इस एक्सपो में विश्वभर में स्मार्ट सिटी सेक्टर में हो रहे नये प्रयोगों को भी प्रदर्शित किया जाएगा

मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया है कि नागर विमानन महानिदेशालयसे इस बारे में जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है ये विमान आज मुंबई से जयपुर आ रहा थालेकिन इस घटना के बाद बीच रास्ते से उसे वापस ले जाया गया इस बीच महानिदेशालय नेकहा है कि चालक दल को ड्यूटी से हटा दिया गया है और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो नेजांच शुरू कर दी है घटना के बाद नागरिक उड़डयन मंत्री सुरेश प्रभू ने नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए को पूरे विमानन क्षेत्र के वृहद सुरक्षा ऑडिट के आदेश दिए हैं

आयोग के सचिव पीसी बेरवाल ने बताया कि परीक्षा को विषयों के आधार पर दो समूह में आयोजित किया जाएगा

इस पर लगभग साढे चार करोड रूपए की लागत आई है

इस मौके पर उदयपुर में देव प्रतिमाओं को झीलों पर ले जाकर स्नान कराया गया और फिर शोभा यात्रा के साथ मंदिर में लाया गया ब्रंदी में भगवान जगन्नाथ की डोल सवारी निकाली गई राजसमंद जिले के गड़बोर स्थित भगवान चारभुजानाथ मंदिर से ठाक्रजी की शोभायात्रा निकाली गई

सवाईमाधोपुर में कई जगह डोल यात्रा निकाली गई नागौर में शहर के प्रमुख मार्गों र्स शोभा यात्रा निकाली गई झालावाड़ के पिड़ावा में डोल मेले का आयोजन किया गया मंदिरों से देव विमान की शोभायात्रा भी निकाली गई